इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर महात्मा गांधी के स्मारक पर श्रद्दासुमन अर्पित किए उन्होंने राष्ट्रपिता के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए लोगों को स्वच्छता शपथ दिलाई और नशाखोरी के खिलाफ तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए विद्यार्थियों की रैली को भी रवाना किया बाद में मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि महात्मा गॉधी की जयन्ती के अवसर पर कहा कि अब समय आ गया है कि हम भारत को एक मजबूत और समुद्ध राष्ट्र बनाने के लिए महात्मा गॉधी के विचारों उच्च सिद्वांतों और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करें राज्यपाल ने कल शिमला में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान द्वारा आयोजित महात्मा गॉधी जम्मू कश्मीर और राष्ट्रीय एकता विषय पर परस्पर संवाद कार्यक्रम में ये विचार व्यक्त किए राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गॉधी न केवल भारत के लिए अपितु सम्पूर्ण मानव जाती के लिए आदर्श है उनके सिद्धांत हमें अहिंसा समानता आपसी भाईचारे और संघर्ष के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते है अंग्रेजों से लड़ने के लिए सत्य और अहिंसा उनके हथियार थे उन्होंने हमें अपने जीवन में सिद्धांतों और आदर्शो पर चलने का संदेश दिया था

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटियों के सम्मान तथा पर्यावरण सरंक्षण के दृष्टिगत एक नई योजना एक बूटा बेटी के नाम आरंभ की गई है

तीन वर्ष की अवधि वाली इस परियोजना के तह जैव प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत विभिन्न उपकरणों व तकनीकों की जानकारी प्रदान की जाएगी इसका लाभ जमा दो उत्तीर्ण विद्यार्थी व जैव प्रौद्योगिकी में स्नातक उठा सकेंगे उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के उन छह राज्यों में शामिल है जहां इस परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला के सौजन्य से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना अविरल धारा निर्मल धारा को सफल बनाने के लिए परामर्शक समूह की बैठक कल सोलन में आायोजित की गई

परामर्शक बैठक में हिमालय वन अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने कहा कि सतलुज नदी के किनारे अधिक से अधिक औषधीय पौधे रोपित किए जाएंगे ताकि सिल्ट और मिट्टी को नदी में जाने से रोका जा सके अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दैनिक भास्कर का शीर्षक है आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर हिमाचल में बैन दुकानदारों के पास स्टॉक क्लीयर करने के लिए तीन माह उसके बाद होगा जुर्माना

सभी आला अफसरों का डीपीसी बैठकों में जाना जरूरी दिव्य हिमाचल की एक खबर है शांति कुटीर में बनती थी आजादी की रणनीति शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है दस बार शिमला आए थे महात्मा गांधी शांति कुटीर के एक कमरे में होती थी बैठकें इसी अखबर की एक अन्य खबर है आयुर्वेद विभाग की तकनीकी कमेटी चार्जशीट हिमाचल दस्तक लिखता है कौन करेगा मिलावटी मिठाईयों की जांच शिमला चंबा को छोड़कर शेष जिलों में फूड इंस्पेक्टर ही नहीं अमर उजाला की एक खबर है आठ विधायकों के डीओ नोट पर हुआ कांस्टेबल का तबादला रद्द विधायकों के भत्ते बढ़ाने का विरोध करने वाली की पत्नी ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती मौसम जुड़ी खबर पर आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल में जमकर बरसे बादल भूस्खलन से कई सड़कें बंद

दैनिक सवेरा टाईम्स की एक खबर है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध करवाने में हिमाचल देश का शीर्ष राज्य